आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

पीएम आगरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने पर है आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्च्अल माध्यम से श्भारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने मेट्रो सेवाओं के आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार अब स्थानीय पर्यटन पर विशेष ध्यान देगी

उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा

देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपने विभागों के काम का लेखा जोखा रखा श्री नड्डा कई कैबिनेट मंत्रियों के काम से संतुष्ट नजर आए साथ ही उन्हें सुझाव भी दिये कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि श्री नड्डा ने मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में रात्रि प्रवास करने और भाजपा कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए हैं

इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आजीवन सहयोग निधि और कोष पदधति के सिलसिले में बैठक ली उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी की बैठक के साथ ही वर्तमान राजनीतिक स्थिति और आगामी रणनीति के संबंध में भी चर्चा की कृषि कानन बैठक नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ब्धवार को नई दिल्ली में किसानों के संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पांचवे दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा उन्होंने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हितों के प्रति प्री तरह वचनबद्ध है और भविष्य में भी यह वचनबद्धता कायम रहेगी उन्होंने आशा व्यक्त की कि किसानों का आंदोलन जल्द ही समाप्त हो जाएगा आयुष उत्पाद आय्ष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय और आय्ष मंत्रालय ने निर्यात संवर्दधन परिषद के गठन का निर्णय किया है उदयोग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा आयुष मंत्री श्रीपद नाईक ने आयुष व्यापार और उदयोग की संयुक्त समीक्षा के बाद यह फैसला किया समीक्षा में यह भी निर्णय किया गया कि आय्ष के क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए मूल्य और गुणवत्ता को प्रतिस्पर्धी बनाने पर दोनों मंत्रालय मिलकर काम करेंगे खरीफ फसब कृषि मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में सरकार किसानों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के तहत खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

मौजूदा खरीफ मौसम में उत्तराखंड पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल ग्जरात आंध प्रदेश ओडिसा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है

पुलिस महानिदेशक बैठक किसानों द्वारा कल प्रस्तावित भारत बन्द को देखते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक क्मार ने पुलिस अधिकारियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये उन्होंने गढ़वाल और क्माऊं के परिक्षेत्र प्रभारियों और देहराद्न हरिद्वार नैनीताल ऊधमसिंहनगर पौड़ी गढ़वाल के वरिष्ठ प्लिस अधीक्षकों के साथ शान्ति और कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने सभी जिला प्रभारियों को निर्देश दिये कि लोगों से संपर्क और मीटिंग कर उनसे बन्द को शान्तिपूर्वक करने की अपील करें उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जबरदस्ती बन्द नहीं कराया जाए और हिंसा किसी भी रूप में बर्दाशत नहीं की जाए पुलिस महानिदेशक ने जिला प्रभारियों को जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जोन और सेक्टर में पुलिस अधिकारियों के साथ सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और स्थानीय अभिसूचना तंत्र एलआईयू को सर्तक रखते हुए सूचना संकलित करने के निर्देश भी दिये उन्होंने कहा कि अफवाहों को फैलने न दिया जाय और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जाय सशस्त्र सेना झंडा दिवस देशभर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सेवारत सैनिकों पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों शहीद सैनिकों के परिजनों और प्रदेश के सभी नागरिकों को श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि अदम्य साहसी शौर्यवान पराक्रमी देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहति देने वाले और प्राकृतिक आपदा के दौरान विषम परिस्थितियों में आम नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हमारे वीर सैनिकों पर भारत के प्रत्येक नागरिक को गर्व है उन्होंने कहा कि झण्डा दिवस देश के प्रत्येक नागरिक को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता पूर्वक योगदान कर अपने वीर सैनिकों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है झण्डा दिवस पर एकत्रित राशि पूर्व सैनिकों सैनिक विधवाओं और उनके आश्रितों की समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है प्रदेशभर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया हरिद्वार में जिला सैनिक कल्याण एवं प्नर्वास अधिकारी कमाण्डर एके चौधरी ने जिलाधिकारी सी रविशंकर को प्रतीक झंडी लगाकर कार्यक्रम का श्भारम्भ किया बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत क्मार ने सशस्त्र सेनाओं दवारा किये गये बलिदान और त्याग के प्रति जागरूक होकर उनके प्रति कृतजता व्यक्त करते हुए उदारता पूर्वक अधिक से अधिक धनराशि दान करने की अपील की रुद्रपुर में जिलाधिकारी रंजना राजग्रू ने आम नागरिकों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अपना योगदान देकर वीर सैनिकों और उनके परिजनों का सहयोग करने की अपील की अल्मोड़ा में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को जिला सैनिक कल्याण एवं प्र्नवास अधिकारी ने टोकन फ्लैग लगाया स्लग राज्यपाल क्वारंटीन अवधि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद राजभवन स्थित अपने कार्यालय में बैठना श्रू कर दिया है राज्यपाल ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की

उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण होने पर तत्काल डॉक्टर से परामर्श ले और टेस्ट करवाएं उन्होंने कहा कि न ही लक्षणों से घबराएं और न ही उन्हें छुपाये संक्रमण होने की स्थिति में अपना मनोबल बनाये रखे और चिकित्सकों की सलाह का पालन करें राज्यपाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के लिए योग और आयुर्वेद अत्यंत सहायक सिद्ध होता है उन्होंने नियमित रूप से आयुष प्रोटोकॉल का पालन किया बीस सूत्री कार्यक्रम राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम और कार्यान्वयन समिति के नवनिय्क्त उपाध्यक्ष शेर सिंह गड़िया ने आज कार्यभार ग्रहण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीस सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करना है जिससे सबसे निचले पायदान पर जीवन यापन कर रहे व्यक्ति को भी उसका लाभ मिले